आग्र ह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से सिरमौर ज़िले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा प्रदान करने का आग्रह किया है आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लम्बे समय से ये मांग कर रही है और हिमाचल पिछले अनेक वर्षों से इसके लिए प्रतिनिधित्व करता रहा है मुख्यमंत्री ने ट्रांसगिरी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का भी आग्रह किया ताकि क्षेत्र के विकास में तेज़ी आ सके केन्द्रीय गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री की मांगों पर हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया सांसद वीरेन्द्र कश्यप सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल और विधायक सुरेश कश्यप के अलावा अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने निजी बस ऑपरेटरों से कल से प्रस्तावित हड़ताल के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है उन्होंने आज शिमला में कहा कि सरकार बस ऑपरेटरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और मांगों का मिल बैठकर समाधान किया जा सकता है उन्होंने कहा कि हड़ताल का रास्ता अपना कर जनता को परेशानी में डालना तर्कसंगत नहीं है और न ही इससे कोई समाधान निकल सकेगा गोविंद ठाकुर ने बताया कि हालांकि हड़ताल के निर्णय को देखते हुए परिवहन निगम की बसें सभी रूटों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी और इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक व संस्कारयुक्त शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सभी विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे इस बीच सुरेश भारद्वाज ने सोलन में संस्कृत भारती के एक सम्मेलन में कहा कि संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत विद्यालयों की स्थापना के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है

केलंग में आज प्राकृतिक खेती विषय पर एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा लाहौल स्पीति की पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि किसान खेती की इस पद्धति से अवगत हो सकें

वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले में कुटलैहड़ के चलोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज आधारशिला रखी

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विभिन्न संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने जन समस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने विद्यार्थियों से नशे जैसी बुराई से दूर रहने का आहवान किया है पालमपुर में राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि सरकार नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए गम्मीर प्रयास कर रही है लेकिन इस दिशा में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी ज़रूरी है विपिन परमार ने कहा कि युवाओं में लीक से हटकर कुछ नया और अलग करने का जज़्बा होना चाहिए उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया समिति प्रदेश विधानसभा कल्याण समिति ने आज केलंग में अधिकारियों के साथ बैठक कर लाहौल स्पीति ज़िले में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की समिति अध्यक्ष सुखराम ने विकास कार्यों पर संतोष जताया और अधिकारियों से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से समर्पण भाव से कार्य करने को कहा ताकि ये दूर्गम क्षेत्र अन्य इलाकों की तरह विकास की राह पर आगे बढ़ सके उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आश्वासन दिया कि समिति के दिशा निर्देश के अनुसार ज़िले में कल्याणकारी और विकास कार्यों को गति दी जाएगी सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने रक्तदान जैसे पुनीत कार्य के लिए सभी से आगे आने का आहवान किया है कांगड़ा जिले में शाहपुर के सारनू में आज निरंकारी मिशन के रक्तदान शिविर में उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन दान है जिससे कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है सरवीण चौधरी ने इस पुनीत कार्य के लिए मिशन के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उपमहानिदेशक एके सिंह मेले में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे

ये बस चिंतपूर्णी से होशियारपुर जा रही थी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने ऊना में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है ई समाधान मुख्यमंत्री ई समाधान सुविधा को और मज़बूत बनाने के दृष्टिगत कल शिमला में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रोजेक्ट मोनिटरिंग सचिव आरएन बत्ता ने की उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री कार्यालय से विभागों को भेजी जा रही जनसमस्यों से संबंधित ई मेल पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया कार्यशाला में प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया

समापन अवसर पर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गोबिंद सागर झील व कोल डैम में केज कल्वर आरम्भ किया गया है उन्होंने बताया कि गोबिंद सागर झील में आने वाले समय में एंगलिंग प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी ताकि देश विदेश से लोग इनमें भाग ले सकें

शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पैट्रोल डीजल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं और जनता महंगाई से परेशान है उन्होंने कहा कि रसोई गैस और दूध की कीमतें बढ़ने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने पैट्रोल डीज़ल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है धर्मशाला में पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले कृछ समय से महंगाई लगातार बढ़ रही है जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ गया है उन्होंने सुझाव दिया कि पैट्रोल डीज़ल की कीमतों में कमी के लिए इन पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए

एक बयान में उन्होंने उम्मीद जताई कि इस राशि से संस्थान की स्थापना के लिए ज़रूरी कदम जल्द उठाए जाएंगे

इसमें विभिन्न आयुवर्गो में देशभर के धावकों ने भाग लिया समापन अवसर पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने विजेताओं को पदक पहना कर सम्मानित किया उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में खेलों का विशेष महत्व है और खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए किशन कपूर ने कहा कि खेल जहां व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण हैं वहीं इनके माध्यम से ऊर्जा का समुचित उपयोग भी संभव होगा इस राष्ट्रीय दौड़ में महाराष्ट्र के दीपक सिंह पहले उत्तर प्रदेश के श्रीकांत मालिक दूसरे जबकि झारखण्ड के रवि कुमार तीसरे स्थान पर रहे दिव्यांग प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दृष्टि दिव्यांग कर्मचारियों की बैठक आज शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सुन्टा ने की इस दौरान कर्मचारी दृष्टि दिव्यांग कल्याण संघ का गठन किया गया जिसमें डोमेशवर अग्रवाल को संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया मौसम प्रदेश के लोगों को आगामी एक सप्ताह तक वर्षा से निजात मिलने की फिलहाल कोई सम्भावना नहीं है

राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में आज दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा हो रही है जिससे तापमान में भी गिरावट आई है प्रदेश के कुछ अन्य भागों में भी हल्की वर्षा का समाचार है मौसम विभाग के मुताबिक इस माह के आखिरी सप्ताह में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के प्रदेश से रूख्सत होने की संभावना है